नहाय खाय के साथ चार दिनों का लोक आस्था का महापर्व छठ आज से शुरू

सबसे अधिक पटना में दो सौ पचासी मामलों की प्रष्टि बुलेटिन की शुरूआत से पहले ये संकल्प कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो देश आतंकवादियों को संरक्षण और मदद दे रहे हैं उन्हें इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए

हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि आतंकवादियों को समर्थन और सहायता देने वाले देशों को भी दोषी ठहराया जाये और इस समस्या का संगठित तरीके से मुकाबला किया जाये श्री मोदी ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि रूस के नेतृत्व में आतंकवाद के खिलाफ ब्रिक्स की रणनीति को अंतिम रूप दिया गया प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपने नेतृत्व में भी इस नीति को और आगे बढ़ाएगा लोक आस्था का महापर्व छठ का चार दिवसीय अनुष्ठान आज नहाय खाय के साथ शुरू हो गया है महापर्व के पहले दिन छठव्रतियों ने नहाय खाय के संकल्प के साथ नदियों तालाबों के निर्मल और स्वच्छ जल में स्नान करने के बाद शुद्ध घी में बना अरवा भोजन ग्रहण कर व्रत की शुरूआत की कल खरना होगा शुक्रवार को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य और शनिवार की सूबह उगते हुये सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ ही छठ महापर्व सम्पन्न हो जायेगा प्रदेश में विभिन्न नदी पोखर और तालाबों में छठ घाटों के सौंर्दयीकरण तथा उन्हें सुरक्षित बनाने के कार्य को अंतिम रूप दिया जा रहा है विभिन्न जिला मुख्यालयों से हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि पूरा माहौल भक्तिमय हो गया है नहाय खाय को लेकर सुबह से ही छठ घाटों पर व्रतियों की भीड़ देखी गयी इधर प्रशासन की ओर से छठ पर्व को लेकर घाटों की ओर जाने वाले संपर्क पथों की साफ सफाई युद्धस्तर पर जारी है प्रशासन ने बीस और इक्कीस नवम्बर को गंगा नदी सहित अन्य प्रमुख नदियों में नौका परिचालन पर रोक लगा दी है वहीं राज्य सरकार ने सांस्कृतिक कार्यक्रम और मेले के आयोजन पर पाबंदी लगाने का आदेश जारी किया है गृह विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों में कोविड उन्नीस महामारी के मद्देनजर लोगों से घरों में ही छठ व्रत करने की अपील की गयी है इधर अन्य प्रदेशों से आने वाले सभी लोगों की कोरोना जांच कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने विशेष व्यवस्था की है रेलवे स्टेशन और बस अड्डे पर कोविड जांच के लिए विशेष शिविर लगाया गया है राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने छठ महापर्व पर राज्य और देश की जनता को शुभकामनाएं दी है श्री चौहान ने कहा कि भगवान सूर्य की प्रजा अर्चना और लोक आस्था से जुड़े छठ पर्व से हमें साधना तप त्याग सदाचार मन की पवित्रता तथा सर्वत्र स्वच्छता और निर्मलता बनाये रखने की सत्प्रेरणा मिलती है मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि लोक आस्था का यह महापर्व आत्मानुशासन का पर्व है जिसमें लोग आत्मिक शुद्धि और निर्मल मन से अस्ताचलगामी और उदीयमान भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं उन्होंने राज्य की प्रगति सुख समृद्धि शांति और सौहार्द्र के लिये प्रार्थना करते हुए राज्यवासियों से अपील की है कि वे इस महापर्व को मिल जुलकर आपसी प्रेम पारस्परिक सद्भाव और शांति के साथ मनायें मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुये प्रत्येक व्यक्ति का सचेत रहना आवश्यक है श्री कुमार ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव का सबसे अच्छा उपाय सोशल डिस्टेंसिंग और बाहर निकलते समय मास्क का प्रयोग है केन्द्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि बेगूसराय के चकिया झील का पुनरूद्वार किया जायेगा और लोगों की सुविधा के लिये गंगा नहर भी निकाली जायेगी श्री सिंह ने आज बेगूसराय में सिमरिया गंगा घाट पर छठ प्रजा की तैयारियों का जायजा लिया उन्होंने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिये आवश्यक दिशा निर्देश दिये छठ महापर्व के अवसर पर होने वाली अतिरिक्त भीड़ के मद्देनजर रेलवे प्रशासन ने उन्नीस नवम्बर से तीस नवम्बर तक पटना से दरभंगा और सहरसा के लिए विशेष मेमू सवारी गाड़ियाँ चलाने का निर्णय लिया है पटना दरभंगा के बीच सवारी गाड़ी प्रतिदिन सुबह सात बजे पटना से खुलेगी यह ट्रेन पाटलिपुत्र सोनपुर हाजीपुर मुजफ्फरपुर समस्तीपुर होकर दोपहर डेढ़ बजे दरभंगा पहुँचेगी पुनः दरभंगा से यह ट्रेन दोपहर तीन बजे खुलेगी और रात्रि साढ़े नौ बजे पटना पहुंचेगी इसके अलावा द्रसरी सवारी गाड़ी सुबह छह बजे पटना से प्रस्थान करेगी यह ट्रेन फतुहा बाढ़ मोकामा हाथीदह बरौनी बाईपास बेगूसराय मानसी स्टेशनों से होते हुए दोपहर दो बजे सहरसा पहुँचेगी वापसी में यह ट्रेन दोपहर तीन बजे सहरसा से पटना के लिये रवाना होगी यह गाड़ी रात्रि सवा दस बजे पटना जंक्शन पहंचेगी राष्ट्रीय जनता दल ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद सीताराम यादव को छह वर्षों के लिये दल से निष्कासित कर दिया है इसके अलावा पार्टी के सीतामढ़ी जिला इकाई के अध्यक्ष मोहम्मद अशफाक अहमद को भी निष्कासित कर दिया गया है इस संबंध में प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने आदेश जारी कर दिया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की उनतीस तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की यह इकहत्तरवीं कड़ी होगी एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि जीवन यात्रा को प्रेरित करने वाली कई कहानियां और रोचक जानकारियां उन्हें पहले से ही मिली हैं प्रधानमंत्री ने लोगों से नमो ऐप माइ जीओवी पर अपने विचार साझा करने को कहा है एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर हिंदी या अंग्रेजी में अपने संदेश रिकार्ड कराए जा सकते हैं लोग एक नौ दो दो पर मिस कॉल कर एसएमएस के जरिए अपने सुझाव प्रधानमंत्री को भेज सकते हैं रिकार्ड किए गए कुछ संदेश प्रसारित भी किए जा सकते हैं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने आज पथ निर्माण विभाग कला संस्कृति विभाग का कार्यभार ग्रहण किया श्री पांडेय ने पटना में निर्माणाधीन एम्स दीघा एलीवेटेड सड़क परियोजना का निरीक्षण करने के बाद कहा कि पंद्रह दिनों में यह सड़क मार्ग आम जनता के लिये खोल दिया जायेगा उन्होंने कहा कि लोगों को सुगम आवाजाही वाली सड़कें उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता होगी

सबसे अधिक दो सौ पचासी नये मामलों की पुष्टि पटना जिले में हुई हैं वहीं पूर्णिया में उनतालीस वैशाली से चौंतीस मुजफ्फरपुर में तैंतीस बेगूसराय और मधुबनी से बीस बीस और गया और सहरसा में अठारह अठारह नये मामलों की प्रष्टि हुई है राज्य में कोविड उन्नीस संक्रमण से ठीक होने वालों की दर संतानवे प्रतिशत हो गयी है अब तक लगभग दो लाख बाईस हजार मरीज स्वस्थ हुए हैं वहीं बारह सौ एक लोगों की इस महामारी से मृत्यु हुई है देश में कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर तिरानवे दशमलव पांच दो प्रतिशत हो गई है पिछले चौबीस घंटों के दौरान चौवालीस हजार से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब तक तिरासी लाख पैंतीस हजार रोगी इलाज के बाद स्वस्थ हुए हैं भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आई सी एम आर ने सलाह दी है कि प्लाज्मा का बिना सोचे समझे उपयोग कोविड उन्नीस के उपचार के लिए ठीक नहीं है आई सी एम आर देश के उनतालीस सरकारी और निजी अस्पतालों में कोविड मरीजों पर प्लाज्मा के उपयोग का परीक्षण करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा है परीक्षण में पाया गया है कि प्लाजमा थेरेपी से कोविड उन्नीस के रोगियों को कोई राहत नहीं मिली है जानीमानी शिक्षाविद् और गोवा की पूर्व राज्यपाल मृदुला सिन्हा का आज निधन हो गया वे अठहत्तर साल की थीं उन्होंने लोक नायक जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति आंदोलन में भी हिस्सा लिया था उन्होंने कई पुस्तकों की भी रचना की उनका जन्म मुजफ्फरपुर जिले के छपरा गांव में हुआ था मृदुला सिन्हा के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गहरी शोक संवेदना प्रकट की है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने शोक संदेश में कहा कि लोक सेवाओं के प्रति योगदान के लिये मृदुला सिन्हा जी को हमेशा याद रखा जायेगा राज्यपाल फागू चौहान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने गहरा शोक जताते हुए कहा है कि उनके निधन से राजनीतिक सामाजिक और सांस्कृतिक जगत को अपूरणीय क्षति हुई है मृदुला सिन्हा के निधन पर साहित्य और सामाजिक क्षेत्र के लोगों ने भी गहरा शोक जताया है बिहार हिन्दी साहित्य सम्मेलन के प्रमुख अनिल सुलभ ने कहा है कि मृदुला सिन्हा का निधन साहित्य जगत के लिये अपूरणीय क्षति है प्रदेश में मौसम में तेजी से बदलाव हो रहा है उत्तर बिहार के कई जिलों में ठंड में बढ़ोतरी हुई है मौसम वैज्ञानिक चंदन कुमार ने बताया कि आने वाले दिनों में राज्य के अधिकांश हिस्सों में धुंध छायी रहेगी

इनमें से पांच लाख पैंतीस हजार लोगों को ऋण प्रदान किए जा चुके हैं

नहाय खाय के साथ चार दिनों का लोक आस्था का महापर्व छठ आज से शुरू

सबसे अधिक पटना में दो सौ पचासी मामलों की प्रष्टि